प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नये भारत के निर्माण की नींव रखेगी

जैसी स्किल चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के ज्ञानार्जन पर भी जोर दिया गया है क्योंकि शिक्षक ही प्रबुद्ध छात्र तैयार करते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देश के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने देश के प्राचीन शिल्प को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया अपने ट्वीट में उन्होंने देशवासियों से कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे अधिक से अधिक हाथ से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें इस अवसर पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने छठे राष्ट्रीय हथकरघा समारोह का उद्घाटन किया उन्होंने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित एक मोबाइल ऐप की भी शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि वह बुनकरों के साथ डिजीटल सम्पर्क भी स्थापित करे किसान रेल रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी या किसान रेल का वीडियो लिंक के जरिए शुभारंभ किया यह रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि किसान रेल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी और इससे किसानों का सामान आसानी से देश के कोने कोने तक पहुंचेगा मुख्यमंत्री भूमिपूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बीजापुर जिले में छियानवे करोड़ रूपये की लागत से एक सौ इकहत्तर विकास कार्यो का ई लोकार्पण और भूमिपूजन किया इस कार्यक्रम का आयोजन भैरमगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में हुआ मुख्यमंत्री अपने रायपूर स्थित कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये इस कार्यक्रम से जुड़े इस मौके पर श्री बघेल ने भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नवनिर्मित ट्रामा सेंटर का ई उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने भैरमगढ़ में इंद्रावती नदी में आवागमन के लिए बोट और एंबुलेंस उपलब्ध कराने की भी घोषणा की अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है इस अवसर पर उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के साथ चर्चा कर जानकारी ली स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ कई अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस कार्यक्रम से जुड़े लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की नौवीं कड़ी का प्रसारण नौ अगस्त रविवार को होगा मुख्यमंत्री इस बार लोकवाणी में न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ रिथित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा

आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है खबर मिली है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं श्री कौशिक की दो बार कोरोना जांच की गई थी जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है श्री कौशिक ने बताया कि फिलहाल वे स्वस्थ हैं और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होंगे उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से एहतियात के तौर पर कोरोना जांच कराने और खुद को आइसोलेट करने की अपील की है वहीं रायपुर राजधानी के घड़ी चौक के पास स्थित अर्जुन नगर में बीते चौबीस घंटों के भीतर चौरासी नये मरीज मिले हैं अंतिम समाचार लिखे जाने तक राजधानी रायपुर में आज कोरोना संक्रमित इकयासी नये मरीजों की पहचान हुई है इस बीच दुर्ग जिले में भी आज शाम तक कोरोना संक्रमित पच्चीस नये मरीजों की पुष्टि हुई है वहीं महासमुंद जिले में आज तीन कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं जिनमें मां और उसके दो बच्चे शामिल हैं उधर कवर्धा के सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी की एंटीजन जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आई है इसके बाद सीएमएचओ कार्यालय को सील किया जा रहा है वहीं संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों की भी कोरोना जांच कराई जाएगी जांजगीर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ एक आरक्षक कोरोना पॉजीटिव पाया गया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह ने बताया कि एहतियात के तौर पर कार्यालय में पदस्थ सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है

जेल अधीक्षक एचएल गायकवाड़ ने बताया कि रायपुर से इलाज कराकर लौटने के बाद इस कैदी को जेल की अलग बैरक में रखा गया था वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण से एक युवक की मौत हो गई बीते चौबीस घंटों में जिले से सत्रह नये मरीज मिले हैं जबकि आईटीबीपी के सत्रह जवानों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई उधर सुकमा जिले में भी कोरोना संक्रमित पांच नये मरीजों की पहचान हुई है इसमें कोंटा क्षेत्र से पहला पॉजीटिव मामला सामने आया है इस बीच रायगढ़ शहर में भी एक चिकित्सक सहित उनके परिवार के तीन लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है प्रदेश में बीती देर रात तक कोरोना संक्रमित चार सौ तिरासी नये मरीजों की पुष्टि हुई थी वहीं दो सौ सत्रह मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी वहीं छह लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी इनमें से एक सौ तिरानवे पॉजीटिव मामले रायपुर में मिले थे

बाजार खुलते ही लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोविड जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई है इस अभियान के सफल संचालन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है कोरोना योद्वाओं ने आज शहर की सड़कों बाजारों और दुकानों में जाकर सभी लोगों को मास्क लगाने सामाजिक दूरी का पालन करने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने के लिए प्रेरित किया वहीं रायपुर में लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज से मंत्रालय सहित नवा रायपुर और रायपुर स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कामकाज शुरू हो गया है हालांकि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर इन कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्ररी तरह रोक लगा दी गई है उधर राजनांदगांव जिले में चौदह दिनों तक लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद शहरी क्षेत्रों में शाम सात बजे तक दुकानें खुली रहेंगी इस संबंध में जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी कर व्यापारियों को दुकान खोलने के लिए सात घंटे का अतिरिक्त समय दिया है हालांकि इस दौरान दुकानों में सामाजिक दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो सामान जब्त कर दुकान सील कर दी जाएगी वहीं मुंगेली जिले में भी लॉकडाउन खत्म हो गया है जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त दुकान और प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुल सकेंगे जबकि अत्यावश्यक सेवाएं पहले की तरह ही संचालित रहेंगी बिलासपुर आरटीपीसीआर जांच बिलासपुर स्थित सिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों के नमूनों की आरटीपीसीआर जांच की सुविधा शुरू हो गई है अस्पताल प्रबंधन के अनुसार चार लैब टेक्नीशियन को रायपुर में आरटीपीसीआर जांच का प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया था उनके प्रशिक्षित होने के बाद संदिग्ध मरीजों के नमूनों की जांच प्रक्रिया में तेजी आई है फिलहाल हर दिन करीब तीन सौ नमूनों की जांच की जा रही है पदस्थापना राज्य सरकार ने आज दो जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया है

सेवा के चार और राज्य पुलिस सेवा के एक जारी आदेश के अनुसार मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक दाउलूरी श्रवण को राजनांदगांव जिले का नया पुलिस अधीक्षक और ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार को सोलहवीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल नारायणपुर का सेनानी नियुक्त किया गया है वहीं रायपुर स्थित सीआईडी पुलिस मुख्यालय के सहायक पुलिस महानिरीक्षक अरविंद कुजूर को मुंगेली का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला को सत्रहवीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कबीरधाम का सेनानी बनाया गया है जबकि जगदलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा को गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है स्पंदन अभियान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए राज्य में इन दिनों स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है अभियान के तहत कबीरधाम जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस के एक सौ अस्सी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक केएल ध्रव ने कहा कि पुलिस के सभी जवानों ने कोरोना संक्रमण की चुनौतीपूर्ण परिश्थितियों में सामान्य कार्यों के अलावा लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने में जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई वह प्रशंसनीय है साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों से अपील की कि वे ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी सतर्कता बरतें इसी तरह कोरिया जिले में भी स्पंदन अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले यातायात पुलिस के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बैकुंठपुर और पटना रक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ चर्चा भी की

इस अनूठे फिल्म समारोह का आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि हमें आजादी के तिहत्तर साल का जश्न इस ऑनलाइन देशभक्ति फिल्मोत्सव के साथ मनाना चाहिए उन्होंने कहा कि श्रव्य और दृष्टिबाधित भी इसका आनंद ले सकते हैं यह फिल्मोत्सव इस महीने की इक्कीस तारीख तक चलेगा इसमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को प्रदर्शित करने वाली गाथाओं को दर्शाया जाएगा फिल्मोत्सव में हिंदी मराठी तेलुगू तमिल बंगला गुजराती और मलयालम सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्में दिखाई जाएंगी सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के एक विशेष संस्करण का भी प्रदर्शन किया जाएगा फिल्मोत्सव के दौरान प्रतिदिन देशभक्ति पर आधारित फिल्में वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी मौसम उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और कच्छ से पश्चिम बंगाल मध्यप्रदेश उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड तक एक द्रोणिका सक्रिय है इसके असर से आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है वहीं बीते दो तीन दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं इसकी वजह से कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बने बांगो बांध से पानी निकालने के लिए आज और दो गेटों को खोल दिया गया पानी की आवक बढ़ने के बाद बांध के तीन गेटों से साढ़े चौदह हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है वहीं अब तक करीब साढ़े तेईस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नदी के तटीय इलाकों पर अलर्ट जारी किया गया है

इस वेबीनार में भारत के साथ साथ विदेशों के शिक्षाविद् भी शामिल होंगे

संबंधित अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी

इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है यह हत्या जमीन विवाद के चलते की गई थी

इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है